मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने कहा प्रदेश के दूरदराज व दूर्गम क्षेत्रों क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों की मदद करेगी सरकार राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्र व राज्य सरकार की कौशल विकास योजनाओं को समयबद्ध लागू करने पर दिया बल

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नये भारत की नई उम्मीदों की नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है इसके पीछे पिछले चार पांच वर्षों की कड़ी मेहनत है हर क्षेत्र हर विद्या हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है एक प्रकार से कहें तो यह काम की असली शुरूआत हुई है अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने की प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब भिलकर करेंगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में गणितीय तथा वैज्ञानिक सोच का विकास करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है ै उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए सीखने के आसान और अभिनव तरीके खोजे जाने चाहिए प्रश्नकाल राज्य सरकार प्रदेश के द्रदराज और दूर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों की मदद करेगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के एक प्रतिपुरक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही

मानवीय दृष्टकोण के तहत सरकार इनके लिए मदद का रास्ता बना रही है और ब्यौरा हमारे विशेष संवाद दाता से मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा कि एसएमसी शिक्षकों की हाईकोर्ट में पूनर्विचार याविका दाखिल नहीं हुई है ऐसे में सरकार इन्हें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने में मदद कर रही है क्योंकि सरकार की मंशा किसी भी तरह इनकी सहायता करना है मुख्यमंत्री ने कहा कि ये शिक्षक वहां सेवाएं देते थे जहां नियभित शिक्षक नहीं जाते थे लेकिन इन शिक्षकों के मामले में कुछ कानूनी पेवीदगियां हैं जिन्हें ठीक करने में समय लगेगा जयराम ठाकर ने कहा कि सरकार ने एस एम सी शिक्षकों के प्रतिनिधियों से बात भी की है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इससे पहले पीटीए पैट और पैरा शिक्षकों के मामले को लेकर मानवीय दृष्टिकोण से जो मदद हो सकती थी वह की है और अब इनके हक में फैसला आने के बाद सभी श्रेणियों के पीटीए पैट और पैरा शिक्षकों की सेवाएं नियमित कर दी गई हैं

इससे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कांग्रेस सदस्य आशा कृमारी के मूल सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा कि नई नीति को प्रदेश में चरणबद्व तरीके से लागू किया जाएगा

वेंटिलेटर खरीद और इन्हें अस्पतालों में स्थापित करने को लेकर कांग्रेस के जगत सिंह नेगी के एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री राजीव रौजल ने कहा कि प्रदेश में वेंटिलेटर की कमी के कारण एक भी कोरोना मरीज की अभी तक मौत नहीं हई है

विधायक राजेंद्र राणा और विक्रमादित्य सिंह के एक सवाल के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि प्रदेश सरकार पुलिस कर्मियों की डाइट मनी में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा है कि ऊना जिले में हरोली के भदसाली गांव में हुए गोलीकांड के सभी औरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है ऐसे में इस मामले की न्यायिक जांच की जरूरत महसूस नहीं हो रही है वे आज विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए मामले के जवाब में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि इस मामले में फारेंसिक विशेषज्ञों द्वारा एकत्र साक्ष्य परीक्षण के लिए भेजे जा रहे हैं और प्राथमिकता के साथ जांच जारी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा है कि जिस तरह से देश व प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उससे लग रहा है कि यह संक्रमण कम्यूनिटी स्प्रैड की दिशा में बढ़ रहा है ऐसे में लोगों को अब और अधिक सावधान होने की जरूरत है वे आज विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा यह मामला उठाने पर बोल रहे थे जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना वायरस को नियंत्रित कैरने की दिशा में हिमाचल के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोगियों के इलाज की क्षमता को बढ़ाने के भी प्रयास किए जाएंगे

इसके साथ साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा मारकंडा ने कहा कि कोई भी लोकमित्र केंद्र सेवा के बदले तय राशि से अधिक की वसूली नहीं कर सकते

फर्जी डिग्री मामला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मानव भारती विश्वविद्यालय ने प्रदेश में फर्जी डिग्री प्रकरण को अंजाम देकर देवमूमि में महापाप किया है और सरकार ये कार्य करने वालों को नहीं छोड़ेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार से कोई समझौता करने वाली नहीं है वे आज विधानसभा में प्रश्नकाल के तूरंत बाद कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा द्वारा ये मामला उठाए जाने पर बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फर्जी डिग्री मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं उन्होंने कहा कि इस मामले में विश्वविद्यालय के मालिक और रजिस्ट्रार न्यायिक हिरासत में हैं जबकि मामले के तीन अन्य आरोपी जमानत पर हैं उन्होंने कहा कि पहले एसपी स्तर की छोटी एसआईटी थी लेकिन अब इसे बड़े स्तर की एसआईटी बनाया गया है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा कर लिया है इस अवसर पर उन्होंने शिमला स्थित राजभवन में अपने कार्यकाल पर आधारित एक परिपत्र जारी किया इस दौरान एक संवाददाता सम्मेलन में राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने हिमाचल को जानने व समझने की कोशिश के अलावा प्रदेश हित से जुड़े मुददों को केन्द्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया है बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि उन्होंने प्राकृतिक खेती कौशल विकास नशे की रोकथाम और स्वच्छता अभियान से जड़े कार्यों पर मुख्य रूप से कार्य किया है

उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और केन्द्र और राज्य सरकार के कौशल विकासकार्यों को अधिक गम्भीरता के साथ समयवद्व तरीके से लागू करने पर बल दिया

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार समी राज्यों के साथ बेहतरीन तालमेल के साथ चुनौतियों से निपटते हए जन कल्याण के प्रति समर्पित है अन्राग ठाकर ने कहा कि हिमाचल में विकास कार्यों को जारी रखने व कोरोना आपदा से निपटने में ये राशि मददगार साबित होगी उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का आमार जताया है

प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के एक सौ दो नए मामलों की पुष्टि हुई है